कार्य सूची के मुताबिक सदन की समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे सदन में आज गैर सरकारी कार्य के तहत विधायक राकेश सिंघा मुकेश अग्निहोत्री जीत राम कटवाल राकेश जम्वाल और बिक्रम सिंह अपने अपने संकल्प सदन में उठाएंगे

उन्होंने बताया कि दोनों कार्य आईपीडीएस योजना के तहत पूरे किए गए हैं प्रधानमंत्री मातवंदना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिला शिमला संचालन व निगरानी समिति की बैठक उपायुक्त शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में आायोजित की गई

उन्होंने योजना के अंतर्गत मिल रहे सभी लाभों को पूरे जिले की पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि मात वंदना योजना के तहत भूगतान में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को तुरन्त हल किया जाए प्याज कीमत उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधियों और सब्जी विक्रेता संगठनों के साथ प्याज की कीमतों के विषय में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की रोहित राठौर ने कहा कि सोलन उपमण्डल में प्याज की दरों को नियन्त्रित रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने स्तर पर सजग रहें तथा जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना की पूरी तरह अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा थोक व परचून दुकानदारों द्वारा प्याज पर लिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही वर्षा हो रही है जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊची चोटियों पर रूक रूककर हिमपात का कम जारी है कुल्लू और शिमला जिले के ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात हल्की बर्फबारी हई है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आज व कल मध्यवर्ती तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी की है शिमला जिला में बर्फबारी की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है बच्चों से छेड़खानी जातीय भेदभाव बर्खास्त होंगे शिक्षक नेता प्रतिपक्ष मुकेश के उठाए मामलों पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में दी जानकारी पंजाब केसरी लिखता है स्कूलों में छेड़छाड़ के दोषी टीचर सीधे बर्खास्त होंगे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं विधानसभा में बोले शिक्षा मंत्री एफआईआर भी होगी दर्ज दैनिक जागरण व दैनिक सवेरा टाइम्स का एक जैसा शीर्षक है छात्राओं से छेड़छाड़ पर बर्खास्त होंगे शिक्षक सदन में मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है पंचायतों और पीडब्लयूडी डिविजन का होगा पुर्नगठन लोगों की राय के बाद अंतिम फैसला जबकि आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में चुनाव से पहले होगा पंचायतों का पुनर्गठन

दम है तो मेरे खिलाफ करो कार्रवाई शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पूर्व सांसद राजन सुशांत ने वन्य प्राणी विंग खदेड़ा खाली जमीन पर खुद ट्रैक्टर चलाकर संभाला बिजाई का मोर्चा